प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को समुचित जानकारी देने का आहवान किया है श्री मोदी आज नमो एप के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिये संचालित की गई है बाइट सभी जागरूक कार्यकर्ताओं का काम है हमारे अगल बगल में जितने परिवार रहते हैं हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं जैसे बहुत हक़दार लोग रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है उनको कोई जाकर समझाता नहीं है नब्बे पैसे में इंश्योरेंश हो सकता है एक रूपये में इंश्योरेंश हो सकता है थोड़ा सा उनका सम्पर्क करके हम बतायेंगे ओर सरकार की ये जो सोशल बेनीफिट सिक्योरिटी स्कीम है मैं समझता हूं कि उनके इतने आशीर्वाद लेने में हमें अपने काम का इतना संतोष मिलेगा अब जैसे आयुष्मान भारत है अब गरीब परिवार को कभी पता ही नहीं होता है कि यह गोल्ड कार्ड कहां मिलता है मुझे जाना कहां है हम तय करेंगे कि रोज मैं ऐसे पांच परिवारों को जरूर मिलू कि भाई बताईये गोल्ड कार्ड आपको मिला की नहीं आप बीमार थे तो कभी अस्पताल गोल्ड कार्ड लेकर गये थे कि नहीं गये थे चलिये मैं आपको ले जाता हूं

अब इसीलिये हम राज्य सरकार की और कोन्द्र सरकार की योजनाओं का नीचे तक लोगों को लाभ पहुंचायें प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान का जिक करते हुए कहा कि जन सहभागिता के बगैर इस अभियान को सफल नहीं बनाया जा सकता था बाइट अब आप देखिये स्वच्छ भारत अभियान क्या यह स्वच्छ भारत अभियान मोदी ने झाड़ू लगाया इसलिये हो गया है क्या जी नहीं देश के लोगों ने जी जान से जुट गये हम लोग दो हजार चौदह में जब आपने मुझे पहली बार विजयी करके भेजा था तब देश में चालीस प्रतिशत से भी कम लोगों के पास टॉयलट था पिछले साठ महीने में इस देश के साठ करोड़ लोग टॉयलट के उपयोग करने वाले बन गये उनके घरों में टॉयलट आ गये साठ महीने में साठ करोड़ लोग ये इज्जतघर का लाभ उठाये कितना संतोष होता है हमारी माताओं और बहनों की इज्जतघर इतना बड़ा अच्छा एक इज्जतघर मिल जाये यह कितना आनंद होता है संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकर्ताओं से सम्पर्क स्थापित कर उनके अनुभवों को साझा करना चाहिए श्रो मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिशों से वाराणसी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है उन्होंने विधानसभा क्षेत्र वार कार्यकर्ताआ के समूहों से बातचीत करते हुए कहा कि दीपावली के अवसर पर उनसे संवाद करके उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है

आधिकारिक सूत्रों के अन्सार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल ने आठ सीटों पर विजयी हासिल की है जबकि समाजवादी पार्टी तीन सीटों पर विजयी रही है गंगोह सीट पर भारतीय जनता पार्टी के किरत सिंह ने विजय हासिल की है उन्होंने कांग्रेस के नोमान मसूद को लगभग साढ़े पांच हजार वोटों से पराजित कर दिया है इसके अलावा अलीगढ़ की इगलास सीट पर भाजपा के राजकुमार सहयोगी ने जीत दर्ज की है लखनऊ कैंट से भाजपा के सुरेश चन्द्र तिवारी विजयी रहे हैं उन्होंने सपा के मेजर आशीष चतुर्वेदी को हराया है

भाजपा उम्मीदवार आनन्द शुक्ला मानिकपुर सीट से विजयी घोषित हुए हैं रामपुर से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार तजीन फातिमा विजयी घोषित हुई है प्रतापगढ़ सदर सीट अपना दल के रामकुमार पाल ने जीत ली बाराबंकी की जैदपुर सीट सपा उम्मीदवार गौरव कुमार ने जीती है

अम्बेडकर नगर की जलालपुर सीट से सपा के सुभाष राय विजयी रहे हैं बहराइच की बलहा सीट से भाजपा के सरोज सोनकर ने जीत दर्ज की है इसी तरह घोसी सीट स भाजपा के विजय कुमार राजभर ने जीत हासिल की है

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को उसके साथ अपने भरोसे को और मजब्रती को साथ दिखाया है केन्द्र सरकार ने पेट्रोल पम्प खोलने के दिशा निर्देशा में छूट देते हुए गर तेल कम्पनियों को भी इस कारोबार में शामिल होने की अनुमति दे दी है इस फसले के बाद निजी और विदेशी कम्पनियां खुदरा ईंधन के क्षेत्र में आ सकती हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर न नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में बताया कि दो सौ पचास करोड़ रुपए की प्रंजी वाली कम्पनियों को पेट्रोल और डीजल बेचने की इजाजत होगी बाइट पेट्रोल रिटेल आउटलेट्स दूसरी कंपनियां भी खोल सकती हैं यानी नई कंपनियां भी शुरु कर सकती हैं और उसमें निवेश बढेगा रोजगार बढ़ेगा उससे उत्पादकता बढ़ेगी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

आज वाशिंगटन में विश्व बैंक द्वारा जारी सूची के अनुसार दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी के सफल कायान्वयन की वजह से भारत लगातार तीसरी बार इस सूची में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दस देशों में शामिल रहा है

प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने आज नई दिल्ली में प्रसार भारती समाचार सेवा का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को मदद करेगी उन्होंने कहा कि यह बहुत जीवंत समाचार व्यवस्था होगी बाइट मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि प्रसार भारती न्यूज सर्विस जो है हमारा प्रसार भारती में ये कुछ दो तीन साल पहले हम सोचा था कि ऐसा एक व्यवस्था या संस्था हमारे प्रसार भारती के अंदर होना चाहिए आज इस दफ्तर का उद्घाटन जो हुआ है मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा ये कदम है और आकाशवाणी और द्ररदर्शन दोनों के लिए ये न्यज फ्लो जो हैं ये प्रसार भारती न्यूज सर्विस आगे समय में देखेगा मैं समझता हूं इसका भविष्य बहुत उज्जवल है भारत और पाकिस्तान ने आज करतारपुर साहिब गलियारा खोल जाने के समझौते पर हस्ताक्षर किये डेरा बाबा नानक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जोरो प्वाइंट पर आयोजित समारोह में विदेश मंत्रालय रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारी तथा पंजाब सरकार के प्रतिनिधि मौजूद थे समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही करतारपुर साहिब गलियारे के शुभारंभ की औपचारिक रूपरेखा तय हो गई है समझौते के अनुसार सभी धर्मों के भारतीय श्रद्धालू और भारतीय मूल के लोग करतारपुर साहिब दर्शन के लिए वीजा मुक्त यात्रा कर सकेंगे गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एससीएल दास ने बताया कि श्रद्धालुओं को अपने साथ केवल एक वैध पासपोर्ट लाना होगा करतारपुर कॉरिडोर सुबह सूर्योदय से शाम तक खुला रहेगा सुबह आने वाले श्रद्धालुओं को उसी दिन शाम को लौटना होगा गौरतलब है कि चार किलोमीटर से ज्यादा का यह कॉरिडोर करतारपुर में स्थित दरबार साहिब और पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक श्राइन को जोड़ेगा

परियोजना के तहत आधुनिक सुविधा से लैस पैसेंजर टर्मिनल और पार्किंग क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है भारत यात्रा से दस दिन पहले श्रद्धाल़ओं की सूची पाकिस्तान को भेजेगा और यात्रा से चार दिन पहले श्रद्धालुओं की अंतिम सूची पाकिस्तान से जारी की जायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवम्बर में इस गलियारे का उद्घाटन करेंगे